यह आयोजन निर्वाचन आयोग के मिशन कोई मतदाता न छटे का हिस्सा है इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इन सभी पहलूओं का उद्देश्य आगामी राज्य और लोकसभा चुनाव में उनकी सहभागिता बढ़ाना है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत भी इस कार्यशाला में शिरकत कर रहे है

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा विभिन्न अभियानों के जरिए पांच लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रणाली से जोड़ने के काम को सराहा है दो दिवसीय कार्यशाला में देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और इस क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन सहित कई अधिकारियों ने आज अमरूदा का बाग पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया भारत वाहिनी पार्टी का पहला प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन में सांगानेर विधायक घनश्याम तिवाडी भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर उद्बोधन देंगे

जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि बस्सी के तहत पालावाला ग्राम सेवा सहकारी समिति और चाकसू में ट्मली का बास और कोथून में शिविर आयोजित होंगे इसी प्रकार बैंक के आस पास की अन्य शाखाओं में भी ऋण माफी शिविर का आयोजन किया जा रहा है प्रतापगढ जिले में भी कल ऋण माफी शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र और चेक वितरण किया गया इस मौके पर जिला प्रमुख सारिका मीणा ने राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने का आहवान किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन लाल सैनी आज पहली बार अपने गृह नगर सीकर जायेंगे श्री सैनी के सम्मान में स्वागत की सभी तैयारियां पूरी करती गई है

अलवर जिले में महिला कांस्टेबल कविता चौघरी को बहादुरी दिखाकर एक बदमाश को पकड़ने पर कल उन्हें सम्मानित कर एक हजार एक रुपए को ईनाम और प्रशस्ति पत्र दिया गया महिला कांस्टेबल भिवाड़ी स्थित फूल बाग थाने में तैनात है उल्लेखनीय है कि महिला कांस्टेबल ने उनकी चेन खींचते बदमाश को दबोच लिया था जोधपुर राजघराने की सदस्य और पूर्व सांसद कृष्णा कुमारी का लम्बी बीमारी के बाद कल देर रात निधन हो गया

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक जताया है राजघराने के सूत्रों के अनुसार उनकी पार्थिव देह को उम्मेद भवन में आमजनता के दर्शनों के लिये रखा गया है उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद मेहरानगढ फोर्ट के जसवंत थडा में किया जायेगा श्रीमती कृष्णा कुमारी ने भारत पाक युद्ध के दौरान जोधपुर क्षेत्र में भारी संख्या में शहीद फौजियों के परिजनों को व्यक्तिगत तौर पर जाकर ढांढस बंधाया था

वहीं जिले के मांडल थाना के पास गड्ढा चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से साईकिल सवार की मौत हो गई पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भिजवाया है

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से रात साढ़े नौ बजे से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा